छुट्टियों और राजपत्रित अवकाश के दिन भी होगा टीकाकरण पैंतालीस वर्ष से अधिक आयू के लोग कोविड टीका लगवाने के लिए उत्साहित

पूरबा हवा के प्रभाव से राज्यभर के औसत तापमान में गिरावट आई

और आज गुड फ्राइडे है

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केंद्र अप्रैल महीने सप्ताह के सभी दिन खुले रहेंगे केन्द्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश निर्गत कर दिया है इन केंद्रों पर छुट्टी और राजपत्रित अवकाश के दिन भी टीकाकरण होगा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण की सुविधा का लाभ उठा सकें देश में टीकाकरण के कार्य की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जा रही है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीका लगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है इस श्रेणी में एक जनवरी उन्नीस सौ सतहत्तर से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है लोगों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरणकी सुविधा उपलब्ध है

यदि किसी ने को विनके जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पतालमें अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है

भूपेन्द्र के साथ अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचारदिल्ली प्रदेश में अब तक तीस लाख सोलह हजार एक सौ छह लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इनमें से पच्चीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ इकसठ लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चार लाख तैंतालीस हजार एक सौ पैंतालीस लोगों को द्रसरी डोज दी गयी है कल से शुरू हुये टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत पैंतालीस वर्ष से ऊपर के चार सौ नब्बे लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गयी इधर देश में अब तक छह करोड़ इक्यावन लाख सत्रह हजार लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य में टीकाकरण केन्द्रों की संख्या जल्द ही बढ़ाई जायेगी पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुये राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और ट्रैकिंग टेस्टिंग तथा ट्रीटमेंट पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और बेहिचक टीका लगवाने की अपील की एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कोविड टीकाकरण अभियान को प्रभावी बताते हुए लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ने से लोगों में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्युनिटी आयेगी

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक एक सौ अठहत्तर मामले पटना से सामने आये हैं संक्रमितों में पीएमसीएच के तीन डॉक्टर एनएमसीएच की एक नर्स और गुरू गोविंद सिंह अस्पताल पटना सिटी का एक कर्मी शामिल है वहीं समस्तीपुर के पूसा स्थित राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर से कोविड संक्रमण के छत्तीस मामले सामने आये हैं इसे देखते हुये चार अप्रैल तक के लिए पूरे विश्वविद्यालय को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है इधर राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार नौ सौ सात हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक दिन में एक सौ अंठावन लोगों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी जिससे कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख बासठ हजार पांच सौ उनतीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर अंठानवे दशमलव छह नौ प्रतिशत है इसी अवधि में दो मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ अठहत्तर हो गया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक दिन में साठ हजार दो सौ बासठ कोविड नमूनों की जांच की गयी राज्य में अब तक दो करोड़ सैंतीस लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है इधर देशभर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बहत्तर हजार तीन सौ तीस नये कोविड मामलों की पुष्टि हुई है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये दसवीं और बारहवीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं इसके अनुसार यदि कोई छात्र कोरोना के चलते निर्धारित तिथि को प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसे ग्यारह जून तक फिर से परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जायेगा साथ ही परीक्षार्थियों द्वारा प्रैक्टिकल का केन्द्र बदले जाने की मांग किये जाने पर उसे यह सुविधा दी जायेगी प्रदेशभर में पूरबा हवा चलने से औसत तापमान में कमी आई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरबा हवा के प्रभाव के कारण लू की स्थिति एक सप्ताह के लिए टल गयी है मौसम वैज्ञानिक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कल से पूरबा हवा का प्रभाव कम होने लगेगा जिससे तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी होने की सम्भावना है हालांकि अधिकतम तापमान सामान्य के आस पास ही बना रहेगा

आज ही के दिन प्रभु यीशू मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी प्रमुख गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालू प्रार्थना सभाओं में भाग ले रहे हैं गूड फ़ाइडे के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि यह दिन प्रभु यीशू के बलिदान का पुण्य स्मृति दिवस है जो हमें उनके जीवन मूल्यों पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि हमें प्रभु यीशू के जीवन मूल्यों के अनुसरण का संकल्प लेना चाहिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अस्सी के मुंगेर से झारखंड के मिर्जा चौकी खंड के लिए एक हजार तैंतालीस करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि राज्य में पहली बार किसी सड़क निर्माण के लिए इतनी बड़ी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है उन्होंने बताया कि वन टाईम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत यह राशि दी गयी है इस सड़क के बन जाने से पूर्वी बिहार का बंगाल और झारखंड से सड़क सम्पर्क सुगम हो जायेगा पूर्व मध्य रेलवे के छियासी प्रतिशत से अधिक रेलखंड का विद्युतीकरण किया जा चुका है मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत पांच मंडलों में से चार मंडलों के सभी रेललाईन का विद्युतीकरण किया जा चुका है अभी सिर्फ समस्तीपुर रेल मंडल के कुछ रेलखंडों का विद्युतीकरण का काम पूरा किया जाना है प्रदेश में जमीन की खरीद के साथ ही उसका स्वतः दाखिल खारिज होने की व्यवस्था शुरू हो गयी है राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने कल इस व्यवस्था का शुभारंभ किया प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक हजार तीन सौ छिहत्तर सहायक प्राध्यापक और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में तीन हजार पदों पर नियमित नियुक्ति की जायेगी विज्ञान और प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है उन्होंने बताया कि नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों को प्रतिवर्ष के हिसाब से पांच अंक का वेटेज दिया जायेगा यह वेटेज अधिकतम पच्चीस अंकों का होगा प्रदेश के लगभग चार लाख नियोजित शिक्षकों को अप्रैल महीने से पन्द्रह प्रतिशत बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन का मांग पत्र दस अप्रैल तक भेजने का निर्देश दिया है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि इच्छुक उद्यमी हेल्पलाईन नम्बर एक तीन शून्य दो दो आठ एक शून्य आठ नौ पर सम्पर्क कर सकते हेंदे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने आज से पटना से मुजफ्फरपुर होते हुये दरभंगा हवाई अड्डे तक के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरूआत की है बस पटना के गांधी मैदान से सुबह सात बजे रवाना हुई पटना से दरभंगा हवाई अड्डे के लिए किराया दो सौ पचहत्तर रूपये निर्धारित किया गया है मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार तथा विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा के अध्यक्ष पं चन्द्रनाथ मिश्र अमर का दरभंगा में निधन हो गया निन्यानवे वर्षीय पंडित चन्द्रनाथ मिश्र मैथिली साहित्य के ऐसे हस्ताक्षर थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने के साथ साथ अकादमी का फेलोशिप भी प्राप्त था उनके निधन पर साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है सारण जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी साथ ही दोषियों पर दस दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है पटना जिले के भगवानगंज थाना क्षेत्र से एसटीएफ ने जहानाबाद जेल ब्रेक कांड में शामिल कुख्यात नक्सली गुड्डू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है वहीं जहानाबाद जिले के करौना चौकी क्षेत्र से पटना और जहानाबाद पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर दो कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है दूसरी तरफ जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक नक्सली सुनील यादव को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू अप्रैल महीने में हर दिन लगेगा टीका प्रभात खबर की सुर्खी है फिर पांव पसार रहा कोरोना अब सभी जिलों में एक्टिव केस दैनिक जागरण ने लिखा है छोटी बचत स्कीमों पर ब्याज दरें घटाने का फैसला वापस

दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने दक्षिण भारत के सुपर स्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिये जाने की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

छूटिटयों और राजपत्रित अवकाश के दिन भी होगा टीकाकरण पैंतालीस वर्ष से अधिक आयू के लोग कोविड टीका लगवाने के लिए उत्साहित

प्रबा हवा के प्रभाव से राज्यभर के औसत तापमान में गिरावट आई

और आज गुड फ्राइडे है